इस विलय से बनने वाला बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस विलय से बैंक की गतिविधियों में इजाफा होगा और किसी भी कर्मचारी की मौजूदा स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा श्री जेटली ने कहा कि विलय के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए जल्दी ही इन बैंकों के संचालक मंडलों की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज नागौर और उदयपुर जिलों के दौरे पर रहेंगे नागौर में वे जिला स्टेडियम में नागौर और अजमेर जिले के शक्ति केन्द्र संयोजकों मंडल अध्यक्षों विधायकों और सांसदों को संबोधित करेंगे इसके बाद वे सीधे उदयपुर जायेंगे जहां कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित होने वाले शक्ति केन्द्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है

दोनों कार्यक्रमों के बाद अमित शाह आई टी स्वयं सेवकों की बैठक में भी भाग लेंगे मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे आज झालावाड जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी ये कार्य सीधे जयपुर से कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाईन बटन दबाकर किया जाएगा अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयपुर से झालरापाटन मनोहरथाना डग और खानपुर विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रूपये के विकास कार्यो का उदघाटन और शिलान्यास करेंगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों से सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की सूचना देश के दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है राष्ट्रपति भवन में कल भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद में श्री कोविंद ने कहा कि सूचना यूग के बावजूद अभी भी समाज के बहुत बेड़े वर्ग में सरकार के कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शास्त्री भवन में भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें सीखने और अपने में सुधार लाने को लेकर प्रतिबद्व होना चाहिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से बांसवाडा जिले में भी उजाला फैल रहा है

राजस्थान रोडवेज की बसें आज भी नहीं चलेगी रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने आज भी हडताल जारी रखने का फैसला किया है हडताल के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड रहा है जयपुर के मानसरोवर में हत्या और लूट के एक मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं

इस मामले में मुख्य आरोपी बादाम सिंह उसकी पत्नी पुत्री तथा गिरोह के दो साथी चन्ना सिंह और मनीष को गिरफ्तार किया गया हैं इन लोगों ने मानसरोवर में वारदात को अंजाम देने के बाद झुंझुनू के नवलगढ़ में भी नकबजनी और लूट की वारदात की थी इधर पुलिस ने अलवर शहर से एक व्यापारी के अपहरण करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर लिय हैं